कहा स्थिति से निपटने के लिये हर आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं

कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से कोरोना वायरस को लेकर नहीं घबराने की अपील की है अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा है कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिये लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाये हुए हैं श्री मोदी ने कहा कि सभी मंत्रालय और राज्य इस वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिये एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केन्द्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेंगे उन्होंने देशवासियों को भी गैर जरूरी यात्राओं को टालने की सलाह दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि देश भर के तीस हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है

डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है क्या उसके सिमटम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइस्यूलेट कर दिया जाता है चाहे यो अस्पताल के अंदर किया जाये या दसरे सिस्टम के अंदर लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोडा सा भी सस्पीशन होता है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है और जो हमारा दिल्ली में एनसीपीसी है वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देशभर के उनका कप्यूटर्राइज्ड डाटा आता है डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस को लेकर घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालयों से सहयोग करने का आग्रह किया स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की प्रष्टि वाले मामलों में प्रभावित लोगों को घर में ही अलग रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं

घर में उन्हें हवादार कमरे में रखें संभव हो तो कमरे में ही शौचालय की सुविधा भी हो यदि परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी कमरे में रहना पडे तो दोनों के बीच कम से कम एक मीटर का फासला रखा जाये बुजुगों गर्भवती महिलाओं बच्चों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को संक्रमित व्यक्ति से बचाकर रखें मंत्रालय ने सलाह दी है कि किसी भी हालत में संक्रमित व्यक्ति को किसी भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए उसके हाथ को साबून और पानी से बार बार अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए या अल्कोहल बेस्ड सेनीटाइजर हाथ पर लगाते रहना चाहिए संक्रमित व्यक्ति को हर वक्त सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए और छह से आठ घंटे बाद मास्क बदल लेना चाहिए मंत्रालय ने खांसी बुखार या सांस में तकलीफ जैसे लक्षण दिखने की हालत में मदद के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किये हैं

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के बावन संदिग्धों में से किसी में भी रोग की पुष्टि नहीं हुई है उन्होंने बताया कि वायरस के संक्रमण को देखते हुए पीएमसीएच और एनएमसीएच सहित भागलपुर गया मुजफ्फरपुर और दरभंगा स्थित मेडिकल कॉलेजों में विशेष अन्श्नवण अधिकारी की नियुक्ति की गयी है वहीं नेपाल के सीमावर्ती सात जिलों में अपर निदेशकों की नियुक्ति की गयी है साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में दस से बीस बेड और जिला अस्पतालों में पांच बेड वाले आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं इधर कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूकता के लिये सभी जिलों में समन्वय समिति का गठन किया गया है औरंगाबाद रोहतास खगड़िया बक्सर शेखपुरा मुजफ्फरपुर और बेगूसराय सहित कई जिलों में आज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा के लिये उच्च स्तरीय बैठक हुई इधर पटना में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना वायरस को लेकर बढ़ रही अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिये जागरूकता रैली का आयोजन किया गया इसके माध्यम से लोगों को जानकारी दी गयी कि मुर्गा पॉल्ट्री उत्पाद मछली और मांस खाने से यह रोग नहीं फैलता है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रेमचंद गुप्ता और अमरेन्द्रधारी सिंह ने आज राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया विधानसभा सचिवालय में दोनों नेताओं ने अपना नामांकन पर्चा भरा इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे नामांकन के समय कांग्रेस के कोई भी नेता मौजूद नहीं थे प्रेमचंद गुप्ता अभी झारखंड से राजद के राज्यसभा सांसद हैं उनका कार्यकाल नौ अप्रैल को समाप्त हो रहा है वहीं अमरेन्द्रधारी सिंह की पहचान राज्य के बड़े व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है प्रदेश की पांच राज्यसभा सीटों के लिये होने वाले चूनाव के लिये एक निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद शाह रजा ने भी नामांकन पर्चा लिया है उन्होंने बताया कि वे भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमायेंगे वे कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी के चुनावी मैदान में उतरने से चुनाव के लिये मतदान की संभावना बढ़ गयी है एनडीए की ओर से तीन और राजद की ओर से दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय हो जाने के कारण अगले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है इस दौरान तेज हवा भी चलेगी राज्य के दक्षिण मध्य और पूर्वी भागों में ओलावृष्टि की भी आशंका जतायी गयी है इधर प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है सबसे अधिक चार दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश गया में रिकार्ड की गयी पटना में एक दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी है

भोजपुर भागलपुर रोहतास और अररिया जिले में दो दो लोगों की मौत हो गयी जबकि कटिहार और बेगूसराय जिले में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है शेखपुरा जिले में मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं करने वाले एक सौ ग्यारह शिक्षकों को निलंबित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंतामनपुर बस स्टैंड से पुलिस ने तीन अपराधियों को तीन देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गयी भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के महरजा गांव में अपराधियों ने एक छात्र की हत्या कर दी पूर्णियां जिले के सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी चौक स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की तीन मूर्तियां चुरा लीं चोरी गयी मूर्तियों की कीमत लाखों रूपये बतायी जाती है गोपालगंज जिले के चनावे मंडल कारा में आज छापेमारी की गयी वार्डो की तलाशी में मोबाईल सिम कार्ड और चार्जर समेत कई अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये बेगूसराय स्थित क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केन्द्र में आज किसान वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान किसानों को खेती की नई तकनीकों के साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारियां दी गयीं

कहा स्थिति से निपटने के लिये हर आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं

कहीं कहीं हो सकती है ओलावृष्टि